केंद्रीय इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में इस सेंटर का शिलान्यास किया

इस केंद्र का उददेश्य प्रदेश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और स्थानीय आईटी उद्योगों की जरूरतों को पूरा करना है

शिमला के मैहली में प्रदेश के दूसरे इंक्यूबेशन सेंटर की आधारशिला रखने के बाद केंद्रीय सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि एसटीपीआई इकाईयों ने निर्यात में उल्लेखनीय विकास किया है केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिमाचल की जलवायु इलैक्ट्रॉनिक्स के लिए अनुकूल है और राज्य को देश के प्रमुख इलैक्ट्रॉनिक उत्पादक केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मादी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के उददेश्य से प्रदेश सरकार ने लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाए देने के लिए कई कदम उठाए हैं

जयराम ठाकुर ने कहा कि कांगड़ा जिले में गग्गल हवाई अड्डे के समीप एक अन्य एसटीपीआई स्थापित करने का भी प्रसताव है जिसके लिए भूमि का चयन कर लिया गया है उन्होंने केंद्रीय मंत्री से सभी जिला अस्पतालों और प्रदेश के सभी छः राजकीय मैडिकल कॉलेजों में ई अस्पताल सुविधाएं देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया इस बीच कृषि और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रामलाल मार्कण्डा ने केंद्रीय मंत्री से कांगड़ा जिले में भी एक पार्क स्थापित करने का अनुरोध किया वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने अधिकारियों को प्रदेश को ग्राम स्वराज की ओर बढ़ाने की मूल भावना के साथ ग्रामीण स्तर पर कार्य करना चाहिए ऊना में आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आयोजित एक कार्यशाला में उन्होंने ये बात कही वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि पंचायतों में वार्ड स्तर पर वर्षा जलसंग्रहण टैंक तालाब रास्ते का निर्माण कार्य किया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण स्तर पर विकास को आगे बढाया जा सके उनहोंने पंचायत अधिकारियों को गांव की जरूरत के मुताबिक कार्य योजना बनाने और हर तीन माह में किए गए विकास कार्यों की समीक्षा करने को कहा वीरेन्द्र कंवर ने मानव संसाधन के बेहतर इस्तेमाल पर बल दिया ताकि ग्रामीण भारत के सपने का साकार किया जा सके विक्रम ठाक्र उद्योग व तकनीकी शिक्षा मंत्री विकम ठाकुर ने जन संपर्क अभियान के तहत आज अपने विधानसभा क्षेत्र जसवां परागपुर की रैल पंचायत के महेड़ा गांव और जंबल पंचायत का दौरा किया उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार जनहित में कई महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है जिससे आम आदमी को लाभ हो रहा है विकम ठाक्र ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और रैल पंचायत को एक मॉडल पंचायत बनाया जाएगा

बलोग पंचायत में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि जरूरत के अनुसार पंचायत को विकास कार्यों के लिए और अधिक राशि मुहैया करवाई जाएगी

वीरेन्द्र कश्यप ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को गांव में प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाएगा ताकि इनका लाभ ग्राम वासियों को मिल सके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 इसके अलावा सौर पार्कों और रूफ टॉप कार्यक्रम की समीक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होगी पत्तल सिरमौर जिले के बेचड़ का बाग में कल आयोजित जनमंच कार्यकम के दौरान लोगों को पत्तों से तैयार डोने व पत्तलों में भोजन परोसा गया इस मौके कृषि मंत्री रामलाल मार्कण्डा ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि थर्मोकोल का विकल्प तैयार करने वाला सिरमौर प्रदेश का अग्रणी जिला बन गया है जिले में मालझन सौल और सागवान के वन विद्यमान है और इनके पत्तों से डोने व पत्तलें बनाई जाती हैं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा महिला मंडलों व स्वयं सहायता समूहों को इस व्यवसाय से जोड़ा जा रहा है दुर्घटना मण्डी व शिमला जिलों में आज दो अलग अलग सड़क द्रर्घटनाओं में पांच व्यक्तियों की मृत्यु हो गई मनाली चण्डीगढ़ राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर मण्डी जिले के थरोट में आज सुबह एक कार व बस की टक्कर में मध्य प्रदेश के एक पर्यटक की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हुए हैं घायलों को जिला अस्पताल मण्डी में भर्ती किया गया है इधर शिमला जिले के ननखड़ी के पयोंजन गांव के पाास एक ट्रक के अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरने से इसमें सवार सभी चार लोगों की मृत्यू हो गई मृतकों में एक महिला भी शामिल है आटे से लदा ये ट्रक शिमला के शोघी से ननखड़ी की तरफ जा रहा था पुलिस अधीक्षक ओमापती जमबाल के मुताबिक तीन व्यक्तियों की घटना स्थल पर ही मृत्यू हो गई जबकि एक ने अस्पताल जाकर दम तोड़ा मृतकों में तीन की पहचान नहीं हो पाई है जबकि चालक राजू नेपाली मूल का बताया जा रहा है अवार्ड राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लेखन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखिका मीनाक्षी चौधरी को आज राजभवन में ओकार्ड साहित्य सम्मान से सम्मानित किया ये सम्मान साहित्य संस्कृति और समाज के लिए समर्पित ओजस सेंटर फॉर आर्ट एण्ड रीडिग डवैल्पमेंट संस्थान ओकार्ड दिल्ली द्वारा दिया जाता है राज्यपाल ने मीनाक्षी चौधरी को पुरस्कार के लिए बधाई दी उन्होंने कहा कि लेखिका ने जीवन में संघर्ष कर विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए लेखन का जो कार्य किया है उससे सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए आचार्य देवव्रत ने कहा कि साहित्यकार की राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका रहती है संगोष्ठी प्रदेश कला संस्कृति भाषा अकादमी ने आज शिमला स्थित गेयटी थियेटर में हिंदी और बाल साहित्य संगोष्ठी का आयोजन किया इस मौके अकादमी सचिव कर्म सिंह ने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण है और लेखक व कवि अपनी लेखनी से समाज का मार्गदर्शन करते हैं अखिल भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी स्वामी विवेकानंद केंद्र के संगठक हार्दिक संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे उन्होंने युवाओं से अपने आचरण में सकारात्मक सोच रखने का आहवान करते हुए कहा कि वैयक्तिक आचरण का प्रभाव समाज पर पड़ता है इस दौरान विभिन्न विद्यालयों के बच्चों सहित कवियों और साहित्यकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी भाषा व संस्कृति विभाग की सचिव पूर्णिमा चौहान भी इस अवसर पर मौजूद रही

सिंचाई सुविधाओं के लिए इस वर्ष जल से कृषि को बल बहाव सिंचाई और सौर सिंचाई योजना जैसी तीन नई सिंचाई योजनाएं शुरू की जा रही हैं

बादल कुल्लू जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली के अंजनि महादेव में आज तडके बादल फटने से अंजनि महादेव नाले में बाढ़ आने से एक अस्थाई पुल मलबे से ढ़क गया है समाचार एजेंसी हिंदुस्थान समाचार के अनुसार इससे गोशाल गांव का संपर्क अन्य भागों से कट गया है और नेरोकुंड पुल सहित पेयजल योजनाओं और उपजाउ जमीन को भी नुकसान हुआ है बादल फटने से गोशाल कोठी पलचान रूआड और कुलंग गावों के लोग प्रभावित हुए है प्रशासन द्वारा स्थिति का जायजा लिया जा रहा है और लोगों को नदी किनारे न जाने की सलाह दी गई है उधर चंबा जिले में रजेरा के उपरी क्षेत्रों में भी आज सुबह बादल फटने से चंबा भरमौर मार्ग दोपहर तक बंद रहा और फसलों को नुकसान पहुंचा है चंबा से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि पानी के तेज बहाव में पावर ग्रिड प्रौजैक्ट की दीवार भी ढह गई स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है द ग्रेट खली युवा सेवांए व खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय रैसलर ग्रेट खली की सोलन व मंडी में आयोजित होने वाली रैसलिंग प्रतियोगिताओं को लेकर राजनीति नही होनी चाहिए एक ब्यान में उन्होंने कहा कि ग्रेट खली ने राज्य सरकार से इन प्रतियोगिताओं के लिए संपर्क किया था मगर गहन चर्चा के बाद पाया गया कि रैसलिंग प्रतियोगिता मान्यता प्राप्त खेल की श्रेणी में नहीं आती है ऐसे में सरकार इस इवेंट के लिए वितीय मदद नहीं कर सकती गोविंद ठाकुर ने स्पष्ट किया कि ग्रेट खली के लिए प्रदेश सरकार किसी भी तरह की आर्थिक मदद नहीं दे रही है और ये आयोजन कंन्टीनैटल रैसलिंग इंटरटेनमैन्ट कंपनी द्वारा किया जा रहा है